केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक व पॉलीथीन के प्रयोग के खिलाफ अभियान श्रू कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

ब्राई पर अच्छाई पर जीत का प्रतीक विजय दशमी का त्यौहार हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ में श्रद्वा व उत्साह के साथ मनाया गया हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापिस लेने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद च्नावी सरगर्मिया तेज़ हो गई है जहां प्रदेश के प्रम्ख राजनीतिक दल च्नाव सभाये और राजनीतिक रैलिया आयोजित करने के काम में ज्टे गये है

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली को लेकर आज पलवल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में होने वाली ऐतिहासिक होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से प्लास्टिक का प्रयोग नही करने का आहवान किया है रैली में पार्टी कार्यकर्ता प्लास्टिक व पोलीथीन का प्रयोग न करके देश की जनता को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे श्रीग्र्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरियाणा में चूनावी रैलियों को सम्बोधित करने के लिए आ रहे है महिला एवं वाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा है कि केन्द्र सरकार की भाजपा सरकार दवारा भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में मील का पत्थर साबित किया गया है कुप्रबंधन के कारण बिगड़ी प्रदेश की चाल को सुधारने को लेकर योजनाओं का लाभार्थी तक पहंचाने की इच्छाशक्ति ने आमजन का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ाया है आगामी विधानसभा च्नाव में उनकी हैट्रिक जनता की ताकत को बढ़ाने का काम करेगी उधर केंद्रीय ग़्हमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हरियाणा में च्नावी जनसभाओं को लेकर कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हआ है

ये जनसभाएं कैथल लोहारू और महम में होंगी

उस दिन टोहाना में रतिया टोहाना और नरवाना विधानसभा की संय्क्त रैली होगी

वे यहां एक ही दिन में चार रैलियों को संबोधित करेंगे इस दौरान वे प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे और भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे च्नाव पर्यवक्षकों की उपस्थिति में यम्नानगर में जिला सचिवालय में चारो विधानसभाओं से चूनाव लड़ रहे प्रत्याशियों व उनके एजेटों की बैठक आयोजित की गई बैठक में सभी मान्यता प्राप्त् राष्ट्रीय व श्रेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व चुनाव एजेंटो के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी उपस्थित रहे उपाय्क्त एवं निर्वाचन अधिकारी म्क्ल क्मार ने कहा कि ईवीएम को लेकर किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल को कोई शंका नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण च्नाव करवाने के लिए प्रतिबद्व है उनहोंने कहा कि ईवीएम तैयार करते समय सभी प्रत्याशियों को सूचना दी जायेगी और प्रत्याशी इस प्रक्रिया में अपना प्रतिनिधि भेज सकते है हरियाणा विधानसभा च्नाव के दौरान च्नाव आयोग तथा हरियाणा च्नाव अधिकारी द्वारा जारी हिदायतों की दृढता से पालना सुनिश्चित करने के लिए छह टीमें काम कर रही हैं

इस अवसर पर गाजियाबाद स्थित हिंडल वायुसेना केन्द्र पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन कियागया विभिन्न हवाई हवाई जहाजों ने भव्य परेड सहित कई करतब दिखये

समारोह का समापन एक्रोबैटिक के साथ हुआ इस अवसर पर बोलते हुये वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदोरिया ने राष्ट्र को विश्वास दिलया कि वायु सेना भारतीय आसमान की किसी भी कीमत पर सुरक्षा करेगी इस अवसर पर सेना प्रम्ख बिपिन रावत और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे तीनों सेनाओं के प्रम्खों ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय य्दव स्मारक का दौरा किया तथा शहीदों को श्रद्वाजंलि दी आकाशवाणी संवाददात ने बताया कि वाय् सेना ने कई अहम लडाईयों तथा मील का पत्थर साबित हये मिशन में भाग लिया है पिछले कई दशकों से वाय्सेना तकनीकी रूप् से सक्षम हई है तथा देश पर किसी भी खतरे को विफल करने में सफल रही है यह भारतीय आसमान की रक्षा के लिए प्रतिबद्व है और प्राकृतिक आपदा समय लोगों की मदद के लिए अहम भूमिका निभाई है ब्राई पर अच्छाई की जीत प्रतीक विजय दशमी का त्यौहार पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़ में पूरी भक्ति व उत्साह के साथ मनाया गया लोगों ने जाति व धर्म से ऊपर उठ कर आपस में मिठाईयों व बधाईयों का आदान प्रदान भी किया रावण कुभकर्ण तथ मेघनाथ के पृतलों के दहन को देख्ने के विभिन्न स्थानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी अधिकारियों ने बताया कि जहां प्लते जलायें गये वहां स्रक्षा के कड़े इंतजात किये गये थे तथा दशहरा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया अम्बाला में दशहरा ध्मधाम से मनाया गया तथा जगह जगह पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किये गये

आज इस रावण के सामने सातवीं कक्षा की छात्रा तन् हिमानी सभ्रवाल सहित अनेक बच्चों ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया यम्नानगर में दशहरा श्रद्वा व उल्लास से मनाया गया जहां स्बह के समय श्रद्वाल्ओं ने अपने घरों में दशहरा पूजन किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजय दशमी उत्सव भिवानी के मिनी बाईपास स्थित एस के रिसोर्टस में धूमधाम से मनाया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ चालक सत्यनारायण मित्तल ने की संघ के प्रांत म्ख्यमार्ग प्रम्ख प्रदीप क्मार ने बौद्विक संबोधन किया प्रदीप क्मार ने विजय दशमी महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला तथा अपने भारत राष्ट्र को विश्व विजय बनाने का आहवान किया